बार बार हाथ धोना मास्क और दो गज की दूरी अभी भी है जरूरी कोरोना उचित व्यवहार का शालन करे यह हमारी सामाजिक जिम्मेदारी भी है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि हमारा देश आत्मनिर्भर भारत अभियान के माध्यम से नई क्षमताओं का सूजन कर रहा है आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम मे श्री मोदी ने कहा कि आम आदमी ने देश में जबदस्त बदलाव को महसूस किया है और लोगों को आशा की नई किरणे दिखाई दे रही है उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के प्रको से दुनिया को अनेक मुसीबतों का सामना करना ड़ा लेकिन हमने इस संकट में भी सबक सीखा और अ नी क्षमताओं का विकास किया प्रधानमंत्री ने कहा कि अब भारत के लोग द्कानदारों से मेड इन इंडिया सामान की मांग करने लगे है जो उनकी मानसिकता में बदलाव का संकेत है जो शिछले एक साल मे आया है श्री मोदी ने कहा कि इस बदलाव को आंकना आसान नहीं है और अर्थशास्त्री भी अ ने मानों र इसे तौल नहीं सकते उन्होने कहा कि आज समय आ गया है और जब हमें श्रेष्ठ गुणवत्ता का सामान तैयार करना है जीरो ईीफैक्ट जीरो डीफेक्ट की सोच को अ ना कर कार्य करना चाहिए प्रधानमंत्री ने निर्माताओं और उद्योग जगत के लोगों से आग्रह किया है कि वे सुनिश्चित करे कि उनके कारखाने मे बना सामान विश्व स्तर का हो प्रधानमंत्री ने गुरू गोबिंद सिह के पुत्रों साहिबजादा ज़ोरावर सिह और फतेह सिंह को नमन किया जिन्हें आज के ही दिन दीवारों में च्नवा दिया गया था

श्री मोदी ने कहा कि शिछले क्छ वर्षो में भारत में वन्य क्षेत्र का भी विकास हुआ है और शेरों और बाघों की संख्या भी बढ़ी है प्रधानमंत्री ने दो दिन प्र्व मनाये गये गीता जयंती समारोह का जिक्र भी किया और कहा कि गीता सभी को जीवन के हर एक क्षेत्र में प्ररेणा देती है जिसमें ज्ञान की अथक जिज्ञासा र बल है

च्नाव आयोग के आयुकत डॉ दिली सिंह ने बताया कि सभी स्थानों र च्नाव शांति र्ण हआ है उन्होंने बताया कि आज अम्बाला ंचक्ला व सोनी त नगर निगमों के अलावा रेवाड़ी नगर रिषद एवं सां ला दारूखेड़ा व उकलाना नगर ालिकाओं के लिए मतदान हुआ उधर अम्बाला से हमारे संवाददाता ने बताया कि सुबह ध्ध के कारण मतदान की प्रक्रिया क्छ सुस्त रही र बाद में मतदाताओं ने काफी उत्साह देखने को मिला मतदान के दौरान कोविड प्रति आवश्यक हिदायतों की शालना की गई मास्क व दो गज की दूरी का पुरा ध्यान रखा गया

अम्बाला में एक तथा फरीदाबाद में दो कोविड मरीज़ों की मृत्यु होने का भी समाचार है

हरियाणा के कैबिनेट मंत्री मुलचंद शर्मा और फरीदाबाद के विधायक नरेन्द्र ग्प्ता ने आज फरीदाबाद में कश्मीरी सेवक समाज दवारा आयोजित समारोह में शिरकत की

हरियाणा दिव्यांग कमीशन ने नवनियुक्त आयुक्त राजक्मार मक्कड़ ने भिवानी में कहा कि सरकार उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करेगी जो नकली दिव्यांग प्रमाण त्र बनाकर किसी भी तरह का लाभ लेते है उन्होंने कहा कि सरकार दिव्यांगजनों के फायदे के लिए नये कानून भी बनायेगी और उसके लाभ के लिए शोर्टल भी बनाया जायेगा हरियाणा सरकार ने राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों का नेतृत्व प्रदेश के सरकारी स्कूलों में ढ़ाने वाले ऊर्जावान सकारात्मक सोच व नवाचारी कार्य करने वाले उन प्रधानाचार्यों को सौंधने का निर्णय लिया है जिनको शिक्षा मनोविज्ञान व बाल मनोविज्ञान का उत्कृष्ट स्तर का ज्ञान हो